मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कोविड महामारी से निपटने के भारत के प्रयासों और उसके टीकाकरण कार्यक्रम ने दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की है उन्होंने कहा कि भारत में सबसे बडा कोविड टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है और अन्य देशों की तुलना में तेजी से टीकाकरण किया जा रहा है

श्री मोदी ने जबलपुर के चिचगांव की कुछ आदिवासी महिलाओं का जिक्र भी किया जो एक चावल मिल में दिहाडी पर काम करती थीं कोरोना महामारी के दौरान यह मिल बंद हो गई तो इन महिलाओं में से एक मीना राहंगडाले ने एक स्व सहायता समूह बनाया उन्होंने अपनी बचत और आजीविका मिशन के तहत बैंक से कर्ज लेकर अपनी चावल मिल शुरू की कुछ ही महीने में उन्होंाने तीन लाख रूपये का मुनाफा कमाया

इस वर्ष केन्द्रीय बजट पहली बार केवल डिजिटल रूप में ही उपब्लध होगा और इसे एंड्रोइड और आईओएस प्लेटफॉर्म दोनों पर मोबाइल ऐप यूनियन बजट के माध्यम से देखा जा सकता है संसद के बजट सत्र को देखते हुए राज्यसभा के सभापति एमवेंकैया नायडू ने आज सदन में सभी दलों के नेताओं के साथ एक बैठक की राज्यसभा में कार्यवाही सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों का समर्थन लेने के लिए यह बैठक बुलाई गई थी केन्द्रीय बजट को लेकर आर्थिक विशेषज्ञ भी आशान्वित है

इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद थे

पहले दिन आज बूथ स्थर पर दवा पिलाई जायेगी

उमरिया सागर देवासधार बैतूल शाजापुर सागर सहित अन्य जिलों से भी पोलियो अभियान शुरू होने की खबर मिली है

उमरिया से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है

उधर सीहोर जिलें में भी सर्द हवाओं के चलते ठिद्रन बढ़ गई है